पत्रकार राम चन्द्र छत्रपति मामले में आज पंचकूला की विशेष अदालत सीबीआई अदालत में सज़ा पर बहस प्री हो गई है क्छ ही देर में सीबीआई जज जगदीप सिंह ने चारों आरोपियों को सज़ा स्नायेंगे बहस के दौरान ग्रमीत राम रहीम के वकील ने कम सज़ा देने की ग्जारिश की जबकि सीबीआई ने आरोपियों के लिये मृत्यु दंड की मांग की

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्वि हुई है वे आज नई दिल्ली में ट्रेस टीरीयल और सेटेलाइट प्रसारणा के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

श्री खरे ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम करी रही है प्रसारण एक बढ़ोतरी का क्षेत्र है और नई तकनीक से नये अवसर और नये च्नौतियां उभर कर आ रही है उन्होंने कहा कि तकनीकी बदलाव के कारण ही देश में एक बिलियन से अधिक लोग रेडियो से ज्ड रहे है इस अवसर पर ट्राई के अध्यक्ष आर एस शर्मा ने कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास अपनी हो रहा है और उपभोक्ताओं के सामने अपनी पंसद की सामग्री और चैन्ल च्नने का अवसर है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों दवारा तकनीकी प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है ताकि उनके बनाए गये उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हो और शहरी बाजारों के सामान के साथ बराबरी कर सके

सरस मेला सरकार दवारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की आत्म निर्भर बनाने के लिए पहल है

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे कर दाताओं को लगातार को लगातार कार्य मे जागरूक करने और शिक्षित करने में सहायता मिलेगी और कर दाताओं के बैंक खातों में सीधे रिफंडस में और रिर्टनस की प्रक्रिया मे तेज़ी आयेगी चंडीगढ़ के टैगारे थियेटर मे आज आयकर विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन विदयालयों के प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया जिनके विदयार्थियों ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों के लिये ख्बसूरत तथा भावपूर्ण बधाई बनाए थे श्भकामना कार्ड बनाने की ये पहल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विनय कुमार झा दवारा एक रिश्ता स्कुल से सरहद तक के नाम से की थी और इस पहल के बनाए गए नववर्ष और गणतंत्र दिवस के लगभग दो लाख कार्ड सीमाओं तैनात सशस्त्र सेनाओं के जवानों को भैजे सम्मान समारोह में सम्बोधित करते हये श्री झा ने आयकर विभाग के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की टीम का इस सराहनीय प्रयास के लिये आभार व्यक्त किया और कहा कि ये उनक सैनिकों तक प्रेम और आभार पहंचाने का प्रयास था जो प्रतिकूल परिस्थितियों में घर से दूर रहकर सीमाओं की रक्षा करते है

मुख्यमंत्री ने आदिब्रदी कपाल मोचन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर्यटनों की दृष्टि से विकसित करने का ऐलान भी किया मुख्यमंत्री ने कहा िक सभी ग्राम पंचायतों को गणतंत्र दिवस पर बैठक कर करके पांस से दस लाख रूपये के विकास कार्यो के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कंवर रादौर से विधायक शाम सिंह राणा व यम्नानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने लोगों को सम्बोधित किया

सांसद ने गांव देवराला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय में पुस्तकालय व विज्ञान कक्ष का उदघाटन भी किया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि भिवानी जिले मे वर्तमान सरकार ने सड़कों के संधारीकरण व नई सड़कों का निर्माण करके आम आदमी को काफी राहत दी है

हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह पंचक्ला में आयोजित किया जाएगा जहां हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य राष्टांरीय ध्वज फहराएंगे

ये जानकारी देते हये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भिवानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री कंवर पाल गणतन्त्र दिवस पर करनाल में तथा विधानसभा की उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष यादव फरीदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी इसी प्रकार कई वरिष्ठ मंत्री भी अलग अलग सथानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और परेड की सलामी लेंगे पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव बंचारी के निकट आज एक तेज़ रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच वर्षीय बच्ची घायल हो गई घायल बच्ची को उपचार के लिये सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया है मृतक दंपति के शव पोस्टमार्टम के लिये भेजे गए है मृतक राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव अंधेयारी के रहने वाले थो इस समय वे बल्लभगढ़ स्थित झ्ग्गियों में रह रहे थे

जिन स्कूलों में शौचालयों की जरूरत होगी उनके निर्माण में भी तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं